हालांकि हिमुडा ने इसमें एक शर्त भी लगाई है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम जरियाल के एक सवाल के जवाब में बताया कि आवेदन का यह पैसा उन्हीं शहरों व कस्बों में व्याज सहित वापिस किया जाएगा जहां हिमुडा के पास प्लाट अथवा मकान नहीं हैं जबकि जिन शहरों व कस्बों में प्लाट व मकान उपलब्ध हैं वहां पैसा वापस लेने के इच्छक आवेदकों को ब्याज नहीं मिलेगा

विपिन परमार ने बताया कि तीन बार हिम केयर में शामिल होने की तिथि बढ़ाई गई है और इसके तहत कार्ड के नवीनीकरण का कार्य निरन्तर चलता रहेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल के टांडा व आईजीएमसी अस्पताल में कैंसर के ईलाज के लिए आध्रनिक मशीनरी आ चुकी है और जल्द ही कैंसर की जांच व ईलाज आध्निक विधि से शुरू होगा चर्चा में विधायक जगत नेगी राकेश पठानिया इंद्र दत्त लखनपाल परमजीत सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू विनोद कुमार राजिंदर गर्ग और कमलेश कुमारी ने भी भाग लिया वॉ कआउट प्रदेश विघानसभा में विपक्ष ने आज प्रदेश सरकार द्वारा कथित तौर पर पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों को बेचने के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने के बाद वाकआउट किया प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही विपक्ष के नेता मुकेश अर्भ्निहोत्री ने सदन में प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को बेचने का मामला उठाया लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसकी इजाजत नहीं दी

इसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट कहा कि पर्यटन निगम की संपत्तियां बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता उन्होंने कहा कि यह सूची गलती से वेबसाइट पर डाली गई और मामला सामने आने पर इसे तत्काल हटा दिया गया था उन्होंने कहा कि इसकी कोई स्वीकृति न राजस्व न पर्यटन और न ही केबिनेट से मिली है उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसने वाइल्ड फ्लावरहाल जैसी प्राइम प्रापर्टी बेची है वह आज भाजपा सरकार पर संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा रही है जबकि वे स्पष्ट कह चुके हैं कि कोई संपत्ति नहीं बेची जाएगी उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव तीन दिन में इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देंगे और जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी जल शक्ति केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत कांगड़ा जिला के इंदौरा विकास खंड सहित अन्य क्षेत्रों में भूजल संरक्षण व पुर्नभरण को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी कांगड़ा के एडीसी राघव शर्मा ने अभियान को लेकर विभिन्न विमागों और इसरो से आए वैज्ञानिकों के साथ आज धर्मशाला में एक बैठक के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत भी भूजल संरक्षण को लेकर काम किया जाएगा राघव शर्मा ने भूजल संरक्षण व पुर्नभरण के लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत बताते हुए कहा कि प्रशासन विभिन्न विभागों को साथ लेकर कार्य करेगा एडीसी ने बताया कि इसरो द्वारा उपलब्ध करवाए गए मैप के माध्यम से जिले में भूजल की स्थिति को देखकर जरूरत के मुताबिक काम किया जाएगा आपदा प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की एक बैठक उपायुक्त केसीचमन की अध्यक्षता में आज सोलन में हुई इस दौरान आपदा से निपटने की तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई